पश्चिमी सिंहभूम के बरकेला बम विस्फोट मामले में दो माओवादी गिरफ़तार

जबकि तीन हजार छह सौ छब्बीस मरीजों का इलाज चल रहा है

जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या छह हजार सात सौ इकसठ हो गयी है

विधायकों और विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने की सूचना भिलने के बाद झारखंड विधानसभा सचिवालय को सत्ताइस जुलाई तक के लिए पूर्णतः सील कर दिया गया है

उन्होंने बताया कि सचिवालय समितियों की बैठकें पर इकतीस जुलाई तक रोक लगाई गई है

बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि झारखंड सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण पर अंकृश लगाने के उद्देश्य से कैबिनेट की बैठक में लाए गए झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश के कुछ बिन्दुओं पर लिया गया निर्णय न्यायोचित नहीं है बगैर मास्क पहने बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान पूरी तरह अव्यवहारिक है इसके अलावा भी कई बिन्दुओं पर पुर्नविचार करने की जरूरत है श्री मरांडी ने कहा कि इन्हें एक अभियान के तहत जागरूक करने की अधिक जरूरत है वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मास्क नहीं लगाने पर एक लाख रुपये के जुर्माने संबंधी अध्यादेश को गरीब विरोधी व जन विरोधी बताया है

इस अवसर पर कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी भी उपस्थित रहे श्री शाह ने छह इको पार्क और पर्यटन स्थलों का ऑलाइन उदघाटन और शिलान्यास किया इसमें खलारी के पिपरवार में नवनिर्मित कायाकल्प वाटिका रामगढ़ सीसीएल बड़का सयाल क्षेत्र की भुरक्रंडा कोलियरी स्थित बलकुदरा डंपिंग पर बना इको पार्क और बाघमारा का उद्यान शामिल है वक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कोयला मंत्रालय कर रहा है

सीसीएल द्वारा इसका आयोजन किया गया वन महोत्सव के मौके पर महाप्रबंधक ने पौधरोपण किया सीसीएल कर्भियों के बीच करीब एक सौ फलदार एवं औषधीय वितरित किए साथ ही अगले तीन फेज में ग्रामीणों के बीच करीब दस हजार पौधे बांटे जाएंगे हजारीबाग में आज बाइस लोगों ने कोरोना को मात दी है इसमें से तीन महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है

उन्हें बरही अनुमंडलीय अस्पताल भवन से छोड़ा गया था

इतना ही नहीं रविवार व सोमवार को फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इक्कतीस लोगों को पूरी तरह ठीक होने पर घर भेजा गया था वहीं कोडरमा में आज छयालीस नये कोरोना मरीज मिले हैं जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या चार सौ नौ पहुंच गई हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में व्याप्त अव्यवस्था के खिलाफ कोरोना मरीजों ने भूख हड़ताल की कोरोना मरीज सुरजीत नागवाला ने कोविड वार्ड में सरकार के मानक के अनुरूप भोजन नहीं दिये जाने की शिकायत की है उन्होंने कहा कि जबतक व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता तब तक की भूख हड़ताल जारी रहेगा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

पुलिस अधीक्षक इन्द्रजीत महथा ने इनके पास से भारी संख्याँ में नक्सली पोस्टर मोबाइल फोन एक मोटरसाइकिल सहित कई सामान बरामद किये हैं इन दोनों माओवादियों को बीती रात चाईबासा शहर से सटे सोमा पंचो गांव से गिरफ्तार किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा झारखण्ड में होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है राज्य के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों में देश व राज्य का नाम रोशन किया है खेल को वर्तमान सरकार बढ़ावा देगी खेल नीति भी तैयार की जा रही है जिससे वर्तमान खिलाड़ी आने वाले खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी लाभान्वित होंगे

मुख्यमंत्री ने इन लड़कियों को सहयोग प्रदान करने के लिए खेल विभाग की ओर से फुटबॉल किट एवं यूनिसेफ ैकी ओर से टी शर्ट्स प्रदान किया यूनिसेफ ने चौंपियन ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में चयनित खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है जमशेदपुर के अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के विरोध में झारखंड बार काउंसिल के आहवान पर आज ग्रुवार को धनबाद के चार हजार अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखा धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि पूरे सूबे के तैंतीस हजार अधिवक्ता इस घटना से मर्माहत हैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अध्यक्ष ने मृतक के परिवार के लिए सरकार से एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को कहा है इधर जम ीदपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अभय सिंह ने कहा कि पार्टी की ओर से चंदा कर पीड़ित परिवार को दिया जायेगा राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने नगर विकास मंत्री से हरमू बाईपास रोड से राजभवन तक फ्लाईओवर एवं सिरम टोली से राजेंद्र चौक तक प्रस्तावित आरओबी का कार्य तत्काल शुरू करने का आग्रह किया है श्री मारू ने कहा कि यातायात की सुगमता की दृष्टि से यह दोनों परियोजना काफी महत्वपूर्ण हैं उन्होंने नगर विकास से परियोजना के लिए तत्काल राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है श्री मारू ने कहा कि दो वर्ष पूर्व इस योजना पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया था लेकिन जमीन अधिग्रहण सहित अन्य अड़चनों के कारण काम शुरू नहीं हो सका था उन्होंने कहा है कि हरमू बाईपास रोड से राजभवन तक फ्लाईओवर बनाने पर आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद सरकार को राज्यपाल से इस मामले में बातचीत कर काम शुरू करने का पहल करनी चाहिए गोड्डा जिले के किसान किसान सम्मान निधि योजना से मिली सहायता से गेहूं और सब्जी की खेती कर आत्मनिर्भर बनने की पहल कर रहे हैं

किसानों ने हमारे संवाददाता को बताया कि उनके पॉस जो भी रुपये थे खेतों की जुंताई और बिचड़ा डालने में समाप्त हो गये कृषि पदाधिकारी जुबैर अली ने कहा कि भिट्टी के नमूने के साथ साथ बिचड़े की भी जाँच की जायेगी अगर बिचड़ा के कारण ऐसा हुआ होगा तो बीज कम्पनियों पर कार्रवाई होगी

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर आज भारतीय जन मोर्चा द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

विभाग ने मौसम को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य के कई जिलों में पिछले दो दिनों से मध्यम दर्जे की बारिश जारी है मझगांव प्रखंड क्षेत्र के धोबा धोबिन में सड़क निर्माण कार्य के आपूर्तिकर्ता मिनहाज अख्तर ने उपप्रमुख मोहम्मद अजीम के खिलाफ मझगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है उन्होंने उपप्रमुख पर रांगदारी मांगने का आरेप लगाया है गिरिडीह जिले में पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अमित रेणू ने बताया कि इस दस सदस्यीय गिरोह ने तीन थाना इलाके में चोरी की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया है उन्होंने बताया कि इस गिरोह के उदभेदन के लिए एसडीपीओ खोरीमहुआ को टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया गया था झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि भारत पूरी एकजुटता के साथ वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़े